आशा है कि दोनों नेता व्यापार निवेश रक्षा और सुरक्षा आंतकवाद से निपटने ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे

इससे पहले कल अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प रैली को संबोधित करते हुए श्री ट्रम्प ने घोषणा की थी कि तीन अरब डॉलर से अधिक मूल्य के अत्याध्रनिक सैन्य हैलीकॉप्टर और अन्य उपकरणों की बिक्री के समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली में कल नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में हुई झड़पों में चार लोगों की मृत्यू हो गई और कई अन्य घायल हो गए मृतकों में सीकर जिले के एक पुलिसकर्मी रतन लाल भी शामिल हैं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे श्री बैज़ल ने सभी लोगो से संयम बरतने और शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बात कर उनसे प्रभावित जिले में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का अनुरोध किया हालांकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि नागौर में दलित युवक से उत्पीडन के मामले में एसएचओ को हटाया जायेगा श्री धारीवाल ने कल विधानसभा में कहा कि प्रकरण संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने आला पुलिस अधिकारियों को भेज मामले की जांच और तफ्तीश की है उन्होंने कहा कि सरकार दलितों के हितों के लिए कटिबद्ध है और अब आकाशवाणी की श्रृखंला हर काम देश के नाम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय समर स्मारक की राष्ट्रीय समर स्मारक की आज पहली वर्षगांठ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल आज ही के दिन दिल्ली में यह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये उन शहीदों की स्मृतियों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि देश हमेशा इन शहीदों का ऋणी रहेगा स्मारक की पहली वर्षगांठ पर आज स्मारक परिसर में समारोह का आयोजन किया जायेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की सभी लम्बित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने और मौजूदा रिक्तियों के लिए नए विज्ञापन जल्द जारी करने के निर्देश दिए है श्री गहलोत ने यह निर्देश कल जयपुर में भर्तियों से सम्बधित समीक्षा बैठक में दिए

इससे पहले शाम को दरगाह में शादियाना बजाकर और तोप दागकर उर्स की औपचारिक शुरूआत की घोषणा की जायेगी इसके बाद दरगाह के महफिल खाने में उर्स की पहली शाही महफिल होंगी

इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपूर की ओर से ब्रंदी में आज क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप आयोजित की जायेगी उद्घाटन सत्र में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड वार्तालाप के उद्देश्यों पर प्रस्तुतीकरण देंगी